इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरते सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

श्री मोदी ने युवाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों की मदद करने की अपील की जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल शाम कोविड की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने राज्यों से युद्धस्तर पर अपने प्रयास तेज करने का आग्रह किया इस दौरान श्री मोदी ने टेस्टिंग और ट्रेकिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति फिर से उभर रही है उन्होंने राज्यों से संक्रमण जांच संक्रमितों का पता लगाने और उनका इलाज करने कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया

कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि के मद्देनजर यह बैठक आयोजित की गई थी बैठक में श्री मोदी ने अभी चल रहे टीकाकरण अभियान की भी चर्चा की इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन भी मौजूद रहे राज्य भर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार आठ सौ बयासी नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कृल संख्या बढकर एक लाख बतीस हजार सात सौ नब्बे पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर चार सौ अंठानबे लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छटटी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख बाईस हजार तीन सौ तिरासी पहुंच गई है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर नौ हजार दो सौ उनचास पहुंच गई है राज्य भर में कल सात कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक हजार एक सौ अंठावन पहंच गई है

झारखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद कल रात आठ बजे के बाद रांची में सभी प्रतिष्ठान बंद हो गये

सरहल पर्व के दौरान सरना समितियों द्वारा शोभायात्रा नहीं निकाली जायेगी यह निर्णय रांची के उपायुक्त छवि रंजन और विभिन्न सरना समितियों की कल हुई बैठक में लिया गया रांची समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरहल में जुलूस या शोभायात्रा निकालने को लेकर बैठक में गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया गया विभिन्न समितियों द्वारा एकमत होकर फैसला लिया गया कि इस बार जुलूस या शोभायात्रा नहीं निकाली जायेगी सिरम टोली स्थित मुख्य सरना स्थल पर पांच लोगों को पूजा पाठ करने की अनुमति होगी

मुख्य सरना पर पूजा पाठ के दौरान कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा इस दौरान ढोल नगाड़ा साथ लाने की अनुमति नहीं होगी साथ ही अलग अलग मौजा से अधिकतम पांच लोग पैदल न आकर वाहन से आयेंगे सरकार देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप लाइनों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का निवेश करने की योजना बना रही है जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसी तरह का निवेश तीन साल तक करना होगा जल शक्ति मंत्रालय ने यह भी बताया है कि वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए परियोजनाओं की संयुक्त समीक्षा की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं ये कार्य योजनाएं राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा शत प्रतिशत परिवारों को पाइप लाइनों के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बनायी गई हैं

रांची के बड़ा तालाब समेत अन्य जलस्रोतों के संरक्षण और अतिक्रमण मुक्त करने के मामले में कल झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हई मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए हिन् नदी पर हुए अतिक्रमण मामले में रांची नगर निगम से जवाब मांगा है अदालत ने इस मामले में रांची के उपायुक्त को भी ऑनलाइन उपस्थित होने का निर्देश दिया है सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि हिनू नदी पर अतिक्रमण करने वाले बयासी लोगों को नोटिस जारी किया गया है

कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि ऋण माफी में बिचौलिए के पाये जाने पर संबंधित बैंक के अधिकारी और बिचौलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है मंत्री कल राजधानी रांची में विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि सभी निदेशालय को ऑफिसियल स्तर पर वेबसाइट निर्माण के लिए भी निर्देश दिए गए हैं वहीं राज्यस्तरीय पशुपालन अस्पताल बनाने का निर्देश दिया गया है

उन्होंने कहा कि सरकार ने जमशेदपुर गिरिडीह में पचास हजार लीटर क्षमता के नये डेयरी प्लांट तैयार करने की योजना बनायी है रांची में भी मिल्क प्रोडक्ट प्लांट स्थापित किया जायेगा चतरा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने आठ अप्रैल से कई सख्त कदम उठाने का निर्देश जारी किया है

आज पहले मैच में शाम साढे सात बजे मौजूद चैंपियन मुम्बई इंडियन्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा आईपीएल के इस संस्करण के मैच मुंबई चैन्नई बंगलुरू अहमदाबाद नई दिल्ली और कोलकाता में होंगे

पिछले साल कोविड महामारी को देखते हुए आईपीएल की टीमें संयुक्त अरब अमारात गई थी

पहली बार आईपीएल का यह संस्करण अपने पिछले संस्करण के लगभग छह महीने के बाद हो रहा है पंजाब रेजिमेंट के जवान परमिंदर सिंह ने कल गढ़वा के नगरउंटारी रेलवे स्टेशन पर एक घंटे तक जमकर हंगामा किया जानकारी मिलने पर नगरऊंटारी एसडीपीओ प्रमोद कुमार केसरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने उक्त जवान को काबू में लिया

पीड़ित युवती को ईलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया गया है राज्य सरकार के कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस को धरातल पर उतारने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने कल रात फ्लैग मार्च किया गिरिडीह शहर में डीसी राहुल कुमार सिन्हा व पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया धनबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिले के चार कोविड अस्पताल एसएनएमसीएच सेंट्रल अस्पताल जोनल ट्रेंनिंग स्कूल भूली और जामाडोबा कोविड सेंटर में संक्रमित मरीजों से सभी बेड भर गए हैं

राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों और कल से लागू नये दिशा निर्देशों की खबर को पहली खबर बनाया है सख्ती शुरू आठ बजते ही दुकाने बंद राजधानी के प्रवेश मार्गो पर चेकिंग शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है कोरोना के बढ़ते मामलों पर हिन्दुस्तान ने लिखा है रांची में हालात बेकाबू आठ सौ अंठावन नए केस मिले छह की मौत गोड्डा में गोडडा दिल्ली हमसफर ट्रेन के उदघाटन के दौरान सांसद निशिकांत दूबे और विधायक प्रदीप यादव के बीच नोक झोंक की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है हमसफर पर उलझे निशिकांत प्रदीप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसका शोर्षक है लॉकडाउन की जरूरत नहीं लापरवाही रोके राज्य ग्यारह से चौदह तक वैक्सीन उत्सव वहीं हिन्दुस्तान टाईम्स और दटाईम्स ऑफ इंडिया ने भी प्रधानमंत्री की बैठक को प्रमुखता से प्रकाशित किया है